बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर दस हुई

राज्य सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में पर्याप्त एहतियात के साथ रिक्शा ऑटो रिक्शा ई रिक्शा और टैक्सी सर्विस का परिचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी वरीय प्रलिस अधीक्षक और प्रलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है आदेश में कहा गया है कि जिलों में साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन उसमें मात्र एक सवारी के बैठने की ही अनुमति होगी उन्होंने कहा कि ऑटोरिक्शा और ई रिक्शा निबंधन के सम और विषम संख्या के आधार पर चलाए जाएंगे श्री अग्रवाल ने कहा कि जिन ऑटोरिक्शा और ई रिक्शा की निबंधन संख्या का अंतिम अंक एक तीन पांच सात और नौ होगा उसका परिचालन सोमवार ब्रधवार और शुक्रवार को किया जा सकेगा वहीं जिनकी निबंधन संख्या का अंतिम अंक शून्य दो चार छह और आठ होंगे वैसे वाहन वाहन मंगलवार गुरुवार और शनिवार को चलेंगे उन्होंने कहा कि ऑटोरिक्शा और ई रिक्शा पर चालक के अलावा दो लोगों के बैठने की अनुमति होगी परिवहन सचिव ने कहा कि टैक्सी तथा ऑनलाइन यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ओला और उबर के कैब का परिचालन जिले के अंदर ही किया जा सकेगा और उनमें भी चालक के अलावा दो यात्रियों के बैठने की ही अनुमति होगी इन टैक्सी और कैब को दूसरे जिले में ले जाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत पास और विशेष ट्रेन के टिकट का होना अनिवार्य होगा हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य में बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा श्री अग्रवाल ने कहा कि जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा टैक्सी और कैब के किराये के निर्धारण का अधिकार संबंधित जिलाधिकारी को होगा कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे वाहनों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की जिम्मेवारी वाहन चालक की होगी उन्होंने कहा कि परिचालन के दौरान वाहन चालक के अलावा उसमें बैठे यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा प्रलिस महानिदेशक ग्रप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आम लोगों को विशेष छूट नहीं है उन्होंने लोगों से संयम बरतने की अपील की

श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी और भारतीय रेलवे श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुना करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके रेलवे के कार्यकारी निदेशक राजेश वाजपाई ने कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों के लिए अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर कोई यात्री कोविड उन्नीस से संक्रमित हो तो उसके साथ संपर्क रखा जा सके

यह इसलिए आवश्यक है कि लोगों कीसूचनाएं रिकार्ड हो सके जिससे कि आगे जरूरत पड़ने में जानकारी मिल सके कि कौन व्यक्तिकिस राज्य से किस राज्य में गया है किसी वजह से उनको कोई संक्रमण होता है तो उसकीकॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो सके कौन लोग उनके संपर्क में आए उनकी जानकारी मिल सके इसलिएये सूचना रखना और उनका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है अपने एरिया के जो डिस्ट्रिक्टक्लेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे जानकारी लें रजिस्टर करेंऔर प्रत्येक मजदूर को हमारा प्रयास है कि उनके जिले तक हम लोग पहुंचा सके और आने वालेकुछ जिलों में बड़े हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं प्रदेश में अब तक छह लाख दस हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हुई है आज छियासठ विशेष रेलगाड़ियों से लगभग एक लाख लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर दस हो गयी है बेगूसराय सदर अस्पताल में तीन दिन पहले खगड़िया के एक पचास वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई थी जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है मृतक दिल्ली से लौटा था इधर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के चौवन नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ तिहत्तर हो गयी है आज सबसे अधिक खगड़िया से पन्द्रह मामले सामने आये हैं भागलपुर से बारह बांका से ग्यारह नालंदा और मधुबनी से छह छह सुपौल से दो और कटिहार तथा गोपालगंज से एक एक मामले की प्रष्टि हुई है प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आठ दिनों में दोगुनी हो रही है कनटेंमेंट जोन की संख्या बढ़ कर एक सौ अंठानवे हो गयी है इधर प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर पांच सौ चौंतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर पैंतीस दशमलव एक पांच प्रतिशत है कल पटना में बीएमपी के बारह जवानों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार सात सौ पचास हो गयी है इनमें बयालीस हजार दो सौ अंठानवे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि तीन हजार तीन सौ आठ लोगों की मृत्यु हुई है नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कोविड उन्नीस के संक्रमण से निपटने के लिए लोगों को स्वच्छता की आदतों को अपनाने की सलाह दी है

आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके उपयोग और इस एप के जरिए इकट्टा किए गए डेटा को साझा करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए गए हैं उन्होंने यह भी कहा कि डेटा का इस्तेमाल केवल कोविड उन्नीस की रोकथाम और लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने में ही किया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली का पहली कक्षा तक विस्तार करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ई कंटेंट विकसित कर इसका प्रसारण डीडी बिहार के माध्यम से कराने को कहा साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों को डिजिटाईज कर वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया उन्होंने राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडर के भी सर्वे का निर्देश दिया ताकि उन सभी को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके राज्य सरकार ने क्वारेंटीन सेन्टर पर रह रहे लोगों से संयम बरतने की अपील की है सूचना और जन सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि जिस किसी भी केन्द्र से व्यवस्था संबंधी शिकायत आ रही है वहां तत्काल कार्रवाई हो रही है उन्होंने कहा कि चुनौती बड़ी है और इसका मिलजुल कर ही सामना किया जा सकता है श्री कुमार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों की जानकारी दी

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने यह आदेश दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पैकेज के विषय में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार के उद्यमियों से बातचीत कर उनके सुझाव मांगे हैं इस सिलसिले में श्री ठाकुर ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केशरी सीआईआई बिहार के अध्यक्ष विनोद खेड़िया और जाने माने मखाना व्यवसायी सत्यजीत कुमार सिंह से बात की श्री ठाकुर ने इन सभी से अपने सुझाव ई मेल के माध्यम से मंत्रालय को भेजने का आग्रह किया है राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को अपने स्कूलों में प्रतिदिन आने का निर्देश दिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने शिक्षकों को अपने विद्यालय में चल रहे क्वारेंटीन सेन्टर के संचालन में सहयोग करने का आदेश दिया है साथ ही स्कूल में काम कर रहे रसोईयों को भोजन निर्माण और वितरण व्यवस्था में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है शेखप्रा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला के पास बाहर से आए लोगों को जांच के लिए ले जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया बाद में पूलिस द्वारा सख्ती दिखाये जाने के बाद हंगामा शांत हुआ और टीम प्रवासी लोगों को जांच के लिए ले गयी समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड स्थित कर्रख में एक क्वारेंटीन सेन्टर पर नाच गाने के कार्यक्रम को प्रशासन ने गम्भीरता से लेते हुये जांच के आदेश दिये हैं साथ ही इस केन्द्र पर प्रवासियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित करने का आदेश दिया गया है गया जिले में प्रशासन द्वारा पैदल लौट रहे लोगों के लिए आमस डोभी और बोधगया में राहत शिविर शुरू किये गये हैं वहीं रोहतास जिले में शिवसागर से डिहरी के बीच भाजपा की ओर से चार जगहों पर प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गयी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास नाम से एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है देशभर के विद्यार्थी जेईई नीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप का उपयोग निःशुल्क कर सकेंगे इधर एनटीए ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि चौबीस मई तक बढ़ा दी है पच्चीस मई से अभ्यर्थी आवेदन में सुधार करवा सकेंगे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित कर दिये जायेंगे श्री वर्मा ने कहा कि परिणाम प्रकाशन की तैयारियां अंतिम चरण में है मौसम विभाग ने कहा है कि महा चक्रवात अम्पन के प्रभाव से आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहेंगे मौसम विज्ञान केन्द्र पटना द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि अम्पन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी बिहार में पड़ेगा यहां तेज हवा के साथ मध्यम बारिश की सम्भावना बनी हुई है राज्य के शेष हिस्सों में भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि महा चक्रवात के तटवर्ती धरातल से टकराने के बाद भी यह स्पष्ट हो सकेगा कि बिहार में इसका कितना प्रभाव होगा इधर पूर्णियां में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में पांच लोगों की मौत हो गयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुःख जताते हुये मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है मधेपुरा विद्युत रेल ईंजन कारखाने में तैयार बारह हजार हॉर्स पावर क्षमता वाले ईंजन का परिचालन शुरू हो गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में बताया कि मालगाड़ी को लेकर यह ईंजन दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद जंक्शन पहुंची सुजन घोटाला मामले में सीबीआई ने भागलपुर के तत्कालीन नजारत शाखा प्रभारी दीवान जाफर हुसैन खां के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है इस संबंध में जांच एजेंसी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है दोषी पाये गये अधिकारी वर्तमान में कारा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लॉकडाउन के चौथे चरण से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है दैनिक भास्कर लिखता है एक जून से अब दो सौ नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में ऑड ईवेन की तर्ज पर चलेंगे ऑटो दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर करें काम प्रभात खबर की सुर्खी है कार्यस्थल पर थूका तो जुर्माने के साथ सजा आज और राष्ट्रीय सहारा ने भागलपुर में सड़क हादसे में नौ मजदूरों की हुई मौत से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर दस हुई